राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद द्वारा आज शिमला में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही जयराम ठाक्र ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अदभुत आर्थिक क्षमता है और ये जीवन की ग्रणवत्ता में सुधार करने में अहम भूमिका अदा कर सकती है मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके प्रयोग से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में भी मदद मिलेगी जयराम ठाकर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवैध निर्माण और वन कटान पर प्रतिबंध लगाने व विकासात्मक परियोजनाओं की निगरानी में कारगर साबित हो सकती है उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में इस पद्धति के अनुप्रयोगों से प्रदेश के लोगों के लिए नए आयाम सामने आएंगे इस मौके पर विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री विपिन परमार सहित अन्य विशेषज्ञों ने भी अपने विचार व्यक्त किए सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं शाहपुर निर्वाचन क्षेत्र के अनसुई में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि जल निकास के अभाव में सडकों की स्थिति खराब होती है और इसके लिए सरकार ने हिमाचल सड़क सुधार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है

इस मौके उन्होंने चड़ी झिकली अनसूई सड़क के सुधारीकरण कार्य का भूमि पूजन किया और जनसमस्याएं सुनकर अधिकांश का मौके पर निपटारा किया अन्राग सांसद अनुराग ठाक्र ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्व पूरा करने के लिए कारगर कदम उठाने की जरूरत बताई है हमीरपूर में आज जिला विकास समन्वयक व सतर्कता कमेटी की एक समीक्षा बैठक में उन्होंने ये बात कही अनुराग ठाक्र ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और इनका सुचारू कार्यान्वयन बेहद जरूरी है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं आम लोगों से जुड़ी हैं और इस संबंध में पंचायत स्तर तक लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए उन्होंने योजनाओं व कार्यक्रमों में सुधार के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे अनुराग ठाकर ने बताया कि जिले में बागवानी को बढावा देने के लिए अनेक कदम उठाए जाएंगे ताकि बागवानी क्षेत्र में भी हमीरपुर अग्रणी भूमिका निभा सके दुर्घटना किन्नौर व सिरमौर जिलों में आज दो अलग अलग सड़क द्र्घटनाओं में तीन लोगों की मृत्यु हो गई जबकि तीन अन्य घायल हए हैं किन्नौर जिले के पुह थाना क्षेत्र में नैसंग जला स्थान पर एक वाहन के अनियंत्रित होकर गहरी खाई गिरने से इसमें सवार दो लोगों की मौर्क पर ही मृत्यू हो गई ये वाहन रिकांगपिओ से सोनम की तरफ जा रहा था इनमें मृतक सुन्दर नेगी सोनम गांव का ही रहने वाला है जबकि दूसरे की अभी पहचान नहीं हो पाई है एक अन्य घटना में सिरमौर ज़िले के ददाहू में ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर सड़क से लुढ़कने पर चालक की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं ये ट्रैक्टर सड़क निर्माण कार्य में लगा था अधिसूचना प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राजेन्द्र कुमार वर्मा को राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है इस संबंध में सरकार ने कल देर रात अधिसूचना जारी कर दी है समिति बैठक प्रदेश विधानसभा की जन प्रशासन समिति की दो दिवसीय बैठक सभापति राकेश पठानिया की अध्यक्षता में शिमला में हुई

परमिट कल्लू के उपायुक्त यून्स ने कहा है कि पर्यटक स्थल रोहतांग और मढ़ी के लिए ऑनलाईन परमिट की व्यवस्था को सुद्रक करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं

उपायुक्त ने कहा कि अगर किन्ही कारणों से आवेदक की ऑनलाईन फीस कटने के बाद भी परमिट नहीं मिल पाता है तो उसके पैसे बैंक के माध्यम से वापिस किए जाएंगे यून्स ने बताया कि परमिट के अलावा लेन देन व अन्य प्रक्रियाओं पर नज़र रखने के लिए एक विशेष दल बनाया गया है उन्होंने कहा कि रोहतांग को लेकर एनजीटी के आदेशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है कुत्रिम उपकरण सोलन जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान में केन्द्र व प्रदेश सरकार के सहयोग से आज गरीब दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंगों सहित सहायता उपकरण वितरित किए गए